जिन दो शेष जवानों के शव आज खोज दल ने बरामद किए हैं उनमें विदेश ठाकुर और अर्जुन शामिल है जिला उपायुक्त गोपालचंद ने बताया कि विदेश ठाकुर कुल्लू जिला के निरमंड के रहने वाले थे जबकि अर्जुन जम्मू कश्मीर निवासी थे उन्होंने कहा कि दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को घटनास्थल से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूह लाया गया जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को कल सेना के हैलीकॉप्टर से उनके पैतुक गांव भेजा जाएगा

भाजपा बैठक प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज शिमला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपात सत्ती की अध्यक्षता में हुई उन्होंने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है सत्ती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा बूथ प्रबंधन पर सबसे अधिक ध्यान केन्द्रित करेगी क्योंकि यही पार्टी की सबसे मज़बूत कड़ी है

बैठक में पार्टी के विभिन्न नेताओं पदाधिकारियों और विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों को कार्यभार बांटा गया

विनोद कुमार ने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा रैलियों और सभाओं के आयोजन के लिए स्थल भी चिन्हित किए गए हैं गुर्दा दिवस आज विश्व गुर्दा दिवस है यह दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व और गुर्दे की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस वर्ष के विश्व गुर्दा दिवस का विषय है सभी के लिए सभी जगह स्वस्थ गुर्दा इस अवसर पर देशभर में गुर्दे तथा मधुमेह और उच्च रक्त चाप से गुर्दे को होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कुल्लू उपायुक्त कुल्लू जिला के निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करने के भी आदेश जारी किए गए हैं यूनुस ने कहा कि प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत वोटरों को जागरूक किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त डोर टू डोर अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा

मौसम राज्य के अधिक उंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हो रही बर्फबारी से पूरा राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में है लाहौल स्पीति सहित कुल्लू व चंबा जिलों की उंची चोटियों पर रूक रूक कर हिमपात जारी है जबकि अधिकतर जिलों में वर्षा हो रही है

मौसम की इस बेरूखी से अवरूद्व सड़कों को खोलने का कार्य प्रभावित हो रहा है स्थानीय लोगों ने कहा कि बर्फबारी के चलते उन्हें कई दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है और हैलीकाप्टर उड़ानें न होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं